शिमला में आज ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने इच्छुक बेरोजगार ग्रामीणों को मनरेगा के तहत अपनी भूमि में कार्य करने की स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि ये कार्य ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की शैल्फ में शामिल न होने पर भी किए जा सकेंगे जयराम ठाकुर ने बताया कि विभाग ने मनरेगा के तहत हुए कार्यो में गुणवत्ता सुधार के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के योजनाबद्व विकास और समस्या के समाधान के प्रति वचनबद्व है वे आज सोलन जिले के कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बोल रहे थे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों को उनके घर द्वार के समीप ही विभिन्न सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं परमार कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र की मरहूं पंचायत में विद्युत सब स्टेशन और गौ सदन के निर्माण कार्य का विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज जायजा लिया उन्होंने दोनों विकास योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस नेताओं को दलगत राजनीति से उपर उठकर सरकार के साथ सहयोग करने की सलाह दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की लोकप्रियता से बोखला गए हैं और केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं जिसका श्रेय मुख्यमंत्री समेत उनके पूरे मंत्रिमण्डल को जाता है

इसे प्रति व्यक्ति पांच किलो की दर से मई व जून माह में कामगारों को मुफ्त आबंटित किया जा रहा है

कांगड़ा जिले में चार नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है और ये सभी दिल्ली से वापिस लौटे हैं

गुडिया बोर्ड सक्षम गुडिया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने महिलाओं को सोशल मीडिया से किसी भी अनजान व्यक्ति से दूर रहने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए महिलाएं पुलिस और प्रशासन की मददगार बन सकती हैं उन्होंने डीएसपी रोहड् से पिछले दिनों क्षेत्र में बालिकाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया है स्मार्ट जिला मण्डी जिला प्रशासन ने लोगों को स्मार्ट सेवाएं देने के लिए जनसुविधा पोर्टल शुरू किया है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मण्डी में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस पोर्टल पर लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाईन बुकिंग करवा सकते हैं उन्होंने लोगों से प्रशासन की ई सेवाओं का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया है मॉनसुन तैयारी लाहौल स्पीति के उपायुक्त के के सरोच ने आज केलंग में मॉनसून की तैयारियों को लेकर बैठक की उन्होंने इस संबंध में विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिले में आपदा से बचाव के लिए रिस्पांस टीमें गठित की जाएंगी पर्यावरण संरक्षण किन्नौर जिले में कल्पा की कामरू पंचायत को पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है शिमला में कल एक कार्यक्रम में जिले को इस पुरस्कार से नवाजा गया किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि कामरू पंचायत को ये पुरस्कार मिलने से अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी

प्रशासन ने बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया है